राष्ट्रपति आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन का वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से उदघाटन कर रहे थे उन्होंने कहा कि सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों को मजबत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है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

राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा प्रणाली में प्रौद्योगिकी के एकीकरण से सुधारात्मक उपायों को बढ़ावा मिलेगा और समी हितधारकों को इस तरह के उपायों का सुझाव देने की मंच की स्थापना की जाएगी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 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई शिक्षा नीति की सराहना करते हए कहा है कि यह सभी प्रानी शिक्षा नीतियों का बेहतर विकल्प होगी श्री मोदी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति भारतीय युवाओं को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी और रोजगार और नौकरियों के नए अवसर भी पैदा करेगी देश की एसपीरेशन्स को पूरा करने का बहुत महत्वपूर्ण माध्यम शिक्षा नीति और शिक्षा व्यवस्था होती है शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी से केंद्र सरकार राज्य सरकार स्थानीय निकाय सभी जुड़े होते हैं लेकिन ये भी सही है कि शिक्षा नीति में सरकार उसका दखल उसका प्रमाव कम से कम होना चाहिए शिक्षा नीति से जितना शिक्षक जुड़े होंगे अभिषावक जुड़े होंगे छात्र छात्राएं जुड़े होंगे उतना ही उसकी प्रासंगिकता और व्यापकता दोनों ही बढ़ती है श्री मोदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति के बारे में देशमर से मिले लाखों लोगों के सुझावों को इस नीति में समाहित किया गया है प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि नई नीति कंठस्थ करने के बजाए सीखने पर जोर देती है और वह छात्रों की विवेचनात्मक क्षमता को बढाएगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में तीन सौ बेड के कोविड नाइन्टीन अस्पताल गेस्ट हाउस लेवल श्री के बायोसेपटी लैव और सौ बेड के पीजी हॉस्टल का उदघाटन किया उदघाटन के बाद मुख्यमंत्री ने बताया कि इससे पहले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में केवल दो सौ बेड का लेवल थ्री अस्पताल था जिसमें तीस बेड आईसीय था जिसे बढा कर सत्तर बेड का आईसीय और एक सौ तीस बेड का आइसोलेशन वार्ड कर दिया गया है इसके अलावा तीन सौ बेड का एक अलग लेवल श्री अस्पताल बनाया गया है जिसमें सौ बेड आईसीय और दो सौ बेड का आइसोलेशन वार्ड है मुख्यमंत्री ने बताया कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज है जहां बायोसेफ्टी लैब की शुरूआत हयी है देश के विभिन्न शहरों में मेट्रो सेवाएं पांच महीने से अधिक के अंतराल के बाद आज सवेरे शुरू हो गई ये शहर हैं दिल्ली लखनऊ चेन्नई बेंगलुरू हैदराबाद और अहमदाबाद आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बताया कि यात्रियों को कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिये सुरक्षित दरी बनाए रखने और मास्क लगाने के उपायों का पालन करना होगा प्रदेश में मेट्रो सेवा के फिर से शुरू होने की जानकारी देते हये हमारे संवाददाता ने बताया लगमग पांच महीनों के ज्यादा समय के बाद लखनऊ मेट्रो की सवारियों के साथ पहली टेन सबह छह बजे मंशी पलिया और एयरपोर्ट स्टेशनों से चल पड़ी लकनऊ में मेट्रो ट्रेनें अपनी सामान्य समय सारणी के हिसाब से रात दस बर्जे तक चलेंगी ट्रेनें हर स्टॉप पर रुकेंगीं और यात्रा करने के लिए मास्क पहनना जरूरी होगा अगर कोई यात्री मास्क भूल जाता है तो उसके लिए भी मेट्रों की ओर से मास्क का इंतजाम किया गया है सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ देश में पिछले चौबीस घंटों में सत्तर हजार से अधिक कोरोना मरीज स्वस्थ हए हैं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 ठीक हए लोगों की संख्या संक्रमित मरीजों से लगभग तीन दशमलव सात गुना अधिक है मंत्रालय ने कहा है कि पिछले एक महीने में स्वस्थ होने वार्ल कोविड मरीजों की संख्या तीन गुना से ज्यादा हो गई है पिछले चौबीस घंटे में नबे हजार आठ सौ दो रोगियों का पता चला है संक्रमित मरीजों की कृल संख्या बयालिस लाख चार हजार छ सौ चौदह हो गई हैं इस समय देश में आठ लाख बयासी हजार पांच सौ बयालिस व्यक्ति कोरोना संक्रमित हैं पिछले चौबीस घंटों में एक हजार सोलह लोगों की मृत्यु के साथ मृतकों की संख्या इकहत्तर हजार छः सौ बयालिस हो गई हैं